प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान पर जोर देते हुए कहा है कि कोरोना संकट ने हमें आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में तेजी से काम करने का अवसर दिया है इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एनुवल प्लेनरी सेशन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा वक्त लोकल के लिए वोकल होने का है

संस्थान सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं के माध्यम से लगातार अपनी जांच में वृद्धि कर रहा है

झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मामलों के बीच राहत की खबर है कि राज्य में एक हफ्ते में मरीज स्वस्थ हो रहे हैं

इस महामारी से अबतक आठ लोगों की मौत हुई है कोरोना से मृत्यु का दर शुन्य दशमलव पांच दो प्रतिशत है यह दो दशमलव आठ शून्य प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से काफी कम है

ये सातों लोग पिछले दिनों बांगलादेश से वंदे भारत मिशन के तहत लाए गए थे

समी को इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया गया है सभी बरही स्थित उपकारा में बने क्वारेन्टीन सेंटर में रखे गए थे केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एपीआई के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ इसके निर्माण की भी मंजूरी दे दी है

उन्होंने कहा विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी को इस संबंध में एक औपचारिक अधिसूचना जारी करने के लिए कहा गया है

देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से अपील की थी की अधिक से अधिक लोग इस ऐप को डाउनलोड करें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

राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण के परीक्षण के लिए प्राप्त सभी नमूनों की जांच प्री हो चुकी है झारखंड के प्रधान स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि जांच का काम जल्द निपटाने के लिए सरकारी प्रयोगशालाओं के साथ निजी प्रयोगशालाओं की भी मदद ली गई

जिले में झारखण्ड स्टेट लाइवलीवुड प्रमोशन सोसायटी जेएसएलपीएस की स्वयं सहायता से जुड़ी महिलाओं ने भोजन तैयार करने की कमान अपने हाथों में सँभाल रखी है

यह अभियान जून माह तक चलता रहेगा वहीं जिला आपूर्ति पदाधिकारी डॉ सुदेश ने बताया कि जिला प्रशासन लॉकडाउन में किसी को अनाज के अभाव में मरने नहीं देगा

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ राजन शर्मा परिचर्चा में भाग लेंगे श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मनाया जाएगा उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता मेरा जीवन मेरा योग में भाग लेने की अपील की

इस वर्ष योग दिवस का विषय है घर पर योग और परिवार के साथ योग

वीडियो फेसबुक टवीटर या इंस्टाग्राम पर हैशटेग माई लाइफ माई योगा इंडिया पर अपलोड किए जा सकते हैं प्रतियोगिता में भागीदारी के बारे में विस्तृत जानकारी आयुष मंत्रालय के योग पोर्टल पर उपलब्ध है बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ऋणों पर अपनी न्यूनतम ब्याज दर में कटौती की घोषणा की हैं

छह महीने की उधारी पर ब्याज दर सात दशमलव छह पांच प्रतिशत से घटाकर सात दशमलव पांच शून्य प्रतिशत पहले ही कर दी गई थी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक वर्ष के ऋण पर ब्याज दर सात दशमलव सात शून्य प्रतिशत से कम कर सात दशमलव छह शून्य प्रतिशत कर दी है छह महीने की उधारी पेर ब्याज दर कम कर सात दशमलव चार पांच प्रतिशत की गई है

और अब संक्षिप्त खबरें केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया पर आ रही इन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल कॉलेज के विद्यार्थियों को दस दस हजार रूपये की छात्रवृत्ति दे रहा है पत्र सूचना कार्यालय ने ट्वीट कर कहा है कि यह संदेश निराधार है उसने लोगों से अपील की है कि ऐसी भ्रमित करने वाली जानकारी के प्रति सतर्क रहें रांची के सदर अस्पताल में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर ओपीडी में टोकन सिस्टम से इलाज शुरू कर दिया गया है अब मरीजों को लाइन में खड़ा नहीं रहना पडेगा डिस्टेंस मेंटेंन करते हुए मरीजों को बैठाया जा रहा है टोकन नंबर से मरीजों को इलाज के लिए बुलाया जा रहा है